राज्यसभा में आज एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुचित किया है कि बाढ़ से निचले इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नदी का जलस्तर कम हो रहा है गृहमंत्री शाह ने यह भी बताया कि हिमस्खलन की द्र्घटना समुद्ग तल से पांच हजार छह सौ मीटर की ऊंचाई पर हई उन्होंने कहा कि एनटीपीसी परियोजना के बारह कर्मियों को बचा लिया गया है ऋषिगंगा परियोजना के पन्द्रह अन्य कर्मी भी बचा लिये गये हैं उन्हॉने कहा कि एनटीपीसी की एक अन्य परियोजना के करीब पच्चीस से पैंतीस लोग सुरंग में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने का प्रयास जारी है गृहमंत्री ने बताया कि सरकार ने आपदा में मारे गये लोगों के परिवारों के लिए चार चार लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है श्री शाह ने कहा कि अचानक आई बाढ़ से इलाके में एक महत्वपूर्ण पूल वह गया है जिससे तेरह छोटे गांवों के साथ संपर्क कट गया है उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जा रही है राज्यसमा के सदस्यों ने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर को लाने और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय इस बीच उत्तराखंड आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों की खोज और बचाव के लिये लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है यह कक्ष दिन रात कार्य कर रहा है परिजन लापता व्यक्तियों का विवरण राहत हेल्प लाइन एक शून्य सात शून्य तथा वाट्स ऐप नम्बर नौ चार पांच चार चार एक शून्य तीन छ पर दर्ज करा सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करने का आहवान किया है गोरखपुर में आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए श्रीमती पटेल ने कहा कि युवा अपने ज्ञान का उपयोग नवाचार करने में करें उन्होंने कहा कि युवा अपने कौशल ज्ञान से समाज में व्याप्त कई तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी विभिन्न तरह की समस्याओं का निदान संभव है कार्यक्रम को प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप कुमार सिंह ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने छात्रों से आहवान किया वे अपनी ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी के विकास पर लगाएं

पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में बीमारी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नही हयी राज्य के सैंतीस जिलों में कल संक्रमण का एक भी मामला सामने नही आया इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान एक सौ तेरह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ छः है कल एक दिन में एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ आठ नमूनों की जांच की गयी अब तक प्रदेश में दो करोड़ नवासी लाख बारह हजार चार सौ सात नमूनों की जांच की जा चुकी है

अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना जौनपुर वाराणसी सीमा पर लहंगपुर गांव के पास हई जब एक सवारी वाहन ट्रक से टकरा गया मृतक जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले थे और दाह संस्कार में शामिल होकर वाराणसी से वापस लौट रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हरसंमव मदद उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दो दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए जिलाधिकारी मनीश क्मार वर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को किसान बीमा योजना के अंतर्गत पांच पांच लाख रूपए और पारिवारिक लाभ योजना के तहत तीस तीस हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी